नमस्कार प्रदेश के समाचारों के साथ मैं दीबा हाशमी

बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाये जाने वाले इस त्यौहार की हर तरफ धूम है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड में दूर दराज की एक चौकी हरसिल में भारतीय सेना और भारत तिब्बत पुलिस बल के जवानों के साथ आज दीपावली मनाई इस मौके पर श्री मोदी ने जवानों को बधाई देते हुए कहा कि दूरदराज की बर्फोलो पहाडियों पर उनके निष्ठापूर्ण कार्य से देश मजबूत हो रहा है

प्रधानमंत्री ने सैन्य बलों के समर्पण और निष्ठा का ज़िक्र करते हुए कहा कि सेना के जवान अपने अनुशासन से लोगों में सुरक्षा और निर्भयता की भावना का संचार कर रहे हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में ऊंची छलांग लगा रहा है

उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों को विश्व भर में और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अभियान में काफी प्रशंसा और सराहना मिलती है प्रधानमंत्री ने जवानों को मिठाइयां भी वितरित की श्री मोदी ने नज़दीकी इलाकों के लोगों के साथ बातचीत की ये लोग प्रधानमंत्री को दीपावली की बधाई देने वहां पहुंचे थे प्रधानमंत्री ने आज सुबह रूद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की उन्होंने केदारपुरी में जारी विकास कार्यों की समीक्षा भी की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एमवेंकैया नायडू ने भी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं श्री कोविंद ने अपने संदेश में कहा है कि दीपावली आपसी भाईचारा बढ़ाने का अवसर है

उपराष्ट्रपति एमवेंकैया नायडू ने आशा व्यक्त की कि इस त्यौहार से लोगों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी

राम नगरी अयोध्या में आज दीप पर्व का ख़ास उत्साह नज़र आ रहा है कल सम्पन्न हुए तीन दिवसीय दीपोत्सव की प्रस्तुतियों को अपने मानस पटल पर लेकर अयोध्यावासी दीपावली के जश्न में डूबे हुए हैं और विवरण हमारे प्रतिनिधि से दीपावली पर्व का अयोध्या से धार्मिक और पौराणिक सबंध है माना जाता है कि लंकाधिपति रावन बध और चौदह वर्ष बनवास पूर्ण कर भगवान राम अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने भाव विभोर होकर दीप जलाये और खुशियाँ मनायी इसी भाव के वशीभूत अयोध्या के संत महंत और गृहस्थों में आज अतिउत्साह देखने को मिल रहा है मंदिरों में उत्सव जैसे माहौल के बीच देवी लेक्ष्मी के स्वरूप में सीता माता की प्रजा के साथ साथ भगवान राम और चारो भाइयों की प्रजा अर्चना की जा रही है और मंदिरों व घरो के दरवाजे खिड़कियाँ छज्जे दीपकों से कल छोटी दीपावली से ही जगमगा रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर दीपको की बारात उतर आयी है अंधकार मिटाने राजेन्द्र सोनी आकाशवाणी समाचार अयोध्या चित्रकूट में लाखो श्रद्धालु पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्रीराम ने अपने वनवास का लम्बा समय चित्रकूट में बिताया था

इस पारम्परिक मेले में तीस लाख से ज़्यादा श्रद्वालु पहुंच चुके हैं जिनमें सीमावर्ती मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्वालु मौजूद हैं

श्रीकृष्ण जन्मभूमि में बैंण्डबाजों के साथ गर्भ गृह में दीप जलाये गये जिससे कृष्ण जन्मस्थान दीपों से झिलमिला उठा है हर साल की तरह इस बार भी श्री केशवदेव मंदिर परिसर में भव्य रंगोली सजायी गयी है जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्वालु उमड़ रहे हैं अयोध्या में कल सम्पन्न हुआ तीन दिवसीय दीपोत्सव धार्मिक आध्यात्मिक और सामाजिक सरोकार का अनूठा साक्षी भी बना जिसमें तीन लाख से ज़्यादा दिये एक साथ प्रज्ज्वलित कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया जो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज हो गया है

इसके अलावा उन्होंने दस स्कूली बच्चों को ड्रेस और स्वेटर मुख्यमंत्री आवास के दस लाभार्थियों को प्रमाण पत्र विधवा पेंशन के तीन वृद्धवस्था पेंशन के चार और दिव्यांग पेशन के तीन लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र भी प्रदान किये इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी वनटांगिया गाँवों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने का क्रम जारी है श्री योगी ने कहा कि महराजगंज के अठ्ठारह बलरामपुर गोण्डा और गोरखपुर के पाँच वनटांगिया गाँवों को राजस्व गाँवों का दर्जा दिया जा चुका है उन्होंने कहा कि बहराइच और लखीमपुरखीरी जिलों में वनटागिया गाँव को राजस्व गाँव का दर्जा देने की प्रक्रिया जारी है

प्रदेश में इस कार्यक्रम से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ पहुँच रहा है हमारे लखनऊ संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट अयोध्या में आयोजित प्रसिद्ध दीपोत्सव में तीन लाख से अधिक दीये जलाकर रिकॉर्ड बनाने का कार्यक्रम दीये बनाने वाले कलाकारों के लिए वरदान साबित हुआ जिन्हें उनके स्वंय सहायता समूहों के जरिये दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यह काम मिला इन दीयों का निर्माण अयोध्या की महिला कुम्हारों ने किया

दीपोत्सव के प्रभारी आशीष ने आकाशवाणी को बताया हम लोगों ने चार लाख बीस हजार बाती जो स्वयं सहायता समूह ने बनाई है उन्हें डेढ़ लाख दीया बनाने में करीब सवा सौ परिवार डायरेक्ट रूप से लाभान्वित हो रहा है